सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस बोनस से तीस लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा

इस पहल से देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो जायेगी

अदालत ने केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर इस मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिये हैं

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजनीतिक सभाओं में जितने लोगों के आने की इजाजत दी गई है उतने ही आ सकेंगे सभा में आने वाले लोगों को सबसे पहले मास्क व सेनेटाइजर देना होगा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए

इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस मनाने की परम्परा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया

उधर राजधानी भोपाल के लालपरेड मैदान में राज्यस्तरीय समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की सतना में शहीद स्मारक पर पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों के शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी गई उधर मुरैना के शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को पृष्पांजलि अर्पित की गई गुना की पुलिस लाईन में पुलिस के शहीद जवानो का स्मरण किया गया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य जिला न्यायाधीश आरके कोष्टा सीजेएम कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह सहित पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

इसलिए इस दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है प्रदेश कोरोना प्रदेश में कई दिनों बाद नये संक्रमित मामलों की संख्या घटकर एक हजार से नीचे आ गई है

पहले यह छूट केवल शून्य दशमलव एक प्रतिशत थी मौसम प्ररे प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा ले चुका है और सदी ने अपनी आमद दर्ज करा दी है लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने नये वेदर सिस्टम और अरब सागर से आ रही नमी के कारण पूरे प्रदेश में सर्दी जोर नहीं पकड़ पा रही थी हल्के बादल घिरे रहने से उमस भरी गर्मी का अहसास भी हो रहा था लेकिन पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्सो में हुई हल्की बारिश से रात के तापमान में अब कमी आने लगी है जिससे सर्दी बढ़ने लगी है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान इन्दौर होशंगाबाद उज्जैन और जबलपुर संभाग में कई स्थानों पर वर्षा हुई

आज देवी मंदिरों और झॉकी स्थलों पर स्कंद माता की पूजा की जा रही है